उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम करें कृषि मंत्री ने ई नाम प्रणाली को मजबूत बनाने पर बल दिया जिससे कृषि व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके

जिला प्रशासन ने कार्यक्रम के आयोजन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली है

क्षेत्रीय प्रबंधक देवासैन नेगी ने बताया कि जनता की सुविधा के लिए पुराना बस स्टैंड से लक्कड़ बाजार संजौली होते हुए दो बसें पुराना बस स्टैंड तक चलेगी वहीं दो बसें पुराना बस स्टैंड से छोटा शिमला की ओर चलेगी इसी प्रकार मैहली तथा ढली के लिए भी बस सुविधा उपलब्ध रहेगी

प्रवक्ता ने शिमला में बताया कि राज्य सरकार के बेहतर प्रबंधन के चलते इस बार गर्मी के मौसम में शिमला वासियों को पानी की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा और सिंचाई व जनस्वास्थ्य विभाग ने शहर में पानी के नए कनैक्शन भी दिए हैं उन्होंने कहा कि पर्याप्त मात्रा में जलापूर्ति से शिमला में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिला है दुर्घटना कुल्लू जिला के मणिकर्ण घाटी में कल देर सांय पहाड़ी से पत्थर गिरने से एक पर्यटक की मौत हो गई मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के अमरोहा निवासी अनिशा कपूर पुत्री अनिल कपूर के रूप में हुई है हमारे कुल्लू प्रतिनिधि से प्राप्त जानकारी के अनुसार पर्यटक मणिकर्ण से बरशेनी खीरगंगा ट्रेकिंग रूट पर निकले थे लेकिन घाटी में बदले मौसम के कारण तेज तूफान व आंधी के कारण यह घटना घटित हो गई शव को पोस्टमार्टम के लिए कुल्लू अस्पताल लाया गया है

किन्नौर बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष गोपीचंद नेगी ने बताया कि आज किन्नौर की सुनिधि तथा कुल्लू की अक्षिता के बीच क्वाटर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा

बिंदल विधानसभा अध्यक्ष डाक्टर राजीव बिंदल आज नाहन के संत निरंकारी सत्संग भवन चौहान का बाग नाहन में रक्तदान शिविर का शुभारंभ करेंगे यह रक्तदान शिविर संत निरंकारी मिशन द्वारा लगाया जा रहा है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने मंत्रिमंडल से जुड़ी ख़बर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

दैनिक भास्कर लिखता है हिमाचल में गरीबों को मुफ्त मिलेगा बिजली कनेक्शन रोहतांग दर्रे के खुलने की खुबर भी आज समी अख़बारों में प्रमुखता लिए हुए है अमर उजाला लिखता है पर्यटकों के लिए खुला रोहतांग हजारों ने बर्फ में की मस्ती

मौसम से जुड़ी ख़बर पर दैनिक जागरण लिखता है हिमाचल के पांच जिलों में चली लू ने बढ़ाई लोगों की दिक्कतें मैदान में लू पहाड़ों पर छूटा पसीना कल से आंधी के साथ बारिश की संभावना

जबकि आपका फैसला के शब्द हैं हिमाचल के आठ शहर लू की चपेट में आए ऊना सबसे गर्म